इस दौरान वे करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे इनमें मंडी में बनने वाले प्रदेश के पहले कलस्टर विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी शामिल है हडताल समाप्त प्रदेश के निजी बस आप्रेटरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापिस ले ली है कल देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के आश्वासन के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि आगामी मंत्रिमण्डल बैठक में उनकी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा

उत्कर्ष योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊना में आज ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री वीरेंद्र कंवर उत्कर्ष योजना का शुभारंभ करेंगे ऊना के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों और उनके माता पिता को सम्मानित करना तथा समाज की बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलना है बैठक प्रदेश विधानसभा की कल्याण समिति ने कल शिमला में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया समिति के अध्यक्ष विधायक सुखराम चौधरी व अन्य विधायक सदस्यों ने विभागों की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जागरुकता कार्यक्रम विश्व आत्महत्या निषेध दिवस के अवसर पर कल आईजीएमसी शिमला के मनोविज्ञान विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ रविचंद शर्मा ने कहा कि मानसिक अवसाद से ग्रस्त मनुष्य आत्महत्या करता है उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में किया गया कृत्य होता है जिसे रोकना संभव है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर निजी बस आप्रेटरों की हड़ताल से जुड़ी खबर को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में निजी बसों की हड़ताल से परेशान रहे लोग पंजाब केसरी के शब्द हैं तीन हजार एक सौ निजी बसों के पहिये थमने से ग्रामीण क्षेत्रों में चरमराई परिवहन सेवाएं इसी पत्र के अनुसार बसों में सफर होगा महंगा हड़ताल खत्म दिव्य हिमाचल की सुर्खी है निजी बस आप्रेटरों में फूट सरकार के आश्वासन के बावजूद हड़ताल बरकरार पर शिमला में चलेंगी बसें दैनिक जागरण लिखता है निजी बस हड़ताल स्थगित जबकि हिमाचल दस्तक के अनुसार दिन में थमे पहिये शाम को हड़ताल वापस

जबकि अमर उजाला और आपका फैसला का लगभग एक जैसा शीर्षक है दंडवत होकर डीसी दफ्तर पहुंचे नूरपुर स्कूल बस हादसे के पीड़ित परिजन

अमर उजाला लिखता है भारत बंद कहीं जाम तो कहीं जबरन बंद कर दी दुकानें जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार शिमला में एक दर्जन कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज

जबकि आपका फैसला के शब्द हैं बिलासपुर जिला में डेंगू हुआ बेकाबू रोगियों का आंकड़ा एक हज़ार के पार हादसा नहीं हत्या हुई जिन्दान की दैनिक जागरण की सुर्खी है जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है जिन्दान हत्या मामले की एसआईटी करेगी जांच

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय हिमाचल की भाग्य रेखाए में लिखता है कि प्रदेश में सड़कों का विस्तार तो लगातार हो रहा है लेकिन इनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है लिहाजा बरसात में हमारे सभी दावों की पोल खूल जाती है आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में प्राईवेट बस आप्रेटरों की हड़ताल व कांग्रेस व अन्य दलों के भारत बंद को लेकर लाखों लोगों को आई परेशानियों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं शीर्षक है आफत भरा सफर